फास्टैग नहीं होने पर देनी होगी दोगुनी राशि

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि अब बिना आधार संख्या उपलब्ध कराये किसी भी व्यक्ति को टीका नहीं लगाया जायेगा इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया गया है श्री कुमार ने बताया कि पहले चरण में जिन लाभार्थियों को टीके दिये जा च्रके हैं उन्हें भी वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए आधार संख्या देना अनिवार्य होगा इधर स्वास्थ्य विभाग ने ऑन डिमांड कोविड जांच की व्यवस्था की है विभागीय सूत्रों ने बताया कि अब जांच के लिए लोगों को अपना मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा और इस नम्बर पर एक ओटीपी भेजी जायेगी ओटीपी दिखाने के बाद ही संबंधित व्यक्ति का सैम्पल एकत्र किया जायेगा इस व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना है प्रदेश में कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को आज से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है प्रदेश में अब तक लगभग चार लाख स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है गौरतलब है कि कोविड टीके की दो खुराकें लेनी आवश्यक है पहली खुराक के अट्ठाईस दिनों के बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाती है इसके बाद ही शरीर में कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है गौरतलब है कि देश में तेरह फरवरी से टीके की दूसरी डोज देने का काम शुरू हो गया है एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गूलेरिया ने पहले चरण में टीके लेने वाले लोगों से टीके की दूसरी खुराक लेने की अपील की है बाईट जिन लोगों को पहला टीका लगा था उनकी अब दूसरे टीके की बारी है तो वो अपनी सुविधानुसार सब आएं और अपना दूसरा टीका लगाएं इसीसे उनको फिर पूरी तरह से इम्यूनिटी मिलेगी मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि आप आगे आए अपनी वैक्सीन लगाएं चाहें आपका पहला टीका हो या दूसरा टीका हो

इसीसे हम फिर कोविड से निकल पाएंगे प्रदेश में अब तक चार लाख बानवे हजार तीन सौ इक्कीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं कल नौ सौ उन्नीस अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण हुआ स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गई है एक दिन में अठहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार पांच सौ इक्यानवे हो गई है वहीं इसी अवधि में इक्यावन नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार सात सौ इकतालीस हो गया है पिछले चौबीस घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ पच्चीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या छह सौ चौबीस है पटना एम्स में ओपीडी की सुविधाएं आज से शुरू हो गयी हैं अब एम्स आने वाले सभी मरीजों का पूर्व की तरह निबंधन होगा और उन्हें डॉक्टर देखेंगे पंजीकरण सुबह साढ़े आठ बजे से शुरू होगा जबकि ओपीडी में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक चिकित्सक रहेंगे एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि पैथोलॉजी और अन्य जांच की सुविधाएं भी पूर्व की तरह आज से शुरू हो गयी हैं हालांकि अभी ट्रॉमा और इमरजेंसी की सुविधाएं अभी शुरू नहीं की गयी हैं गौरतलब है कि कोविड अस्पलाल घोषित होने के बाद एम्स में सामान्य मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था बाद में सीमित ओपीडी की सेवा शुरू की गयी थी देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्य रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा और नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने प्रतीक्षा समय को घटाने ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है नये नियमों के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भूगतान करना पड़ेगा प्रदेश के एक हजार पांच सौ ग्यारह प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स की कार्यकारिणी के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने बताया कि मतदान शाम साढ़े चार बजे तक चलेगा कई जिलों में आज ही मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जायेगी जबकि कुछ जिलों में मतों की गिनती के लिए अलग तिथि निर्धारित की गयी है राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुल्क का निर्धारण कर दिया है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को सामान्य प्रत्याशियों की तुलना में निर्धारित शुल्क का आधा देना होगा आयोग ने जिला परिषद सदस्य के लिए दो हजार रूपये मुखिया सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए एक एक हजार रूपये तथा वार्ड सदस्य और पंच के लिए ढ़ाई ढाई सौ रूपये नामांकन शुल्क का निर्धारण किया है उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि अवैध तरीके से लोगों से पैसे जमा लेने वाली निधि और चिटफंड कम्पनियों पर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है गौरतलब है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राज्य के चौंतीस जिलों में तीन सौ बयालीस ऐसी कम्पनियों की पहचान की है जो अपने प्रतिनिधियों के जरिये लोगों से अवैध रूप से पैसे जमा ले रही है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन होगा श्री पांडेय पटना में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने पटना आईजीआईएमएस में फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलने की भी घोषणा की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि आधुनिक खेती आत्मनिर्भर भारत का बेहतर मॉडल है श्री भागवत मुजफ्फरपुर के औराई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत की कृषि पद्धति से न तो पर्यावरण को हानि हुई है और न ही जमीन को ही नुकसान हुआ है श्री भागवत ने कहा कि कृषि के बेहतर प्रबंधन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्रह फरवरी से आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि चौबीस फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में सोलह लाख चौरासी हजार चार सौ छियासठ परीक्षार्थी शामिल होंगे उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गयी है इस बार राज्यभर में एक हजार पांच सौ पच्चीस परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रटि होने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत छह अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज के आधार पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में अप्रैल से शुरू होने वाले नये शैक्षणिक सत्र के शुरूआती तीन महीने तक बच्चों को पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम पढ़ाये जायेंगे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था पहली से लेकर दसवीं तक की कक्षा के लिए प्रभावी होगी उन्होंने बताया कि इस कोर्स को कैचअप कोर्स का नाम दिया गया है श्री कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस में कोरोना संकट के चलते हुई स्कूल बंदी से पढ़ाई की क्षति की भरपाई की जायेगी पटना से सूरत के बीच हवाई सेवा बाईस फरवरी से शुरू होगी विमानन कम्पनी स्पाईस जेट का पहला विमान दोपहर बारह बजकर पच्चीस मिनट पर सूरत के लिए रवाना होगा और वापसी में दोपहर बाद तीन बजकर पच्चीस मिनट पर पटना के लिए उड़ान भरेगा यह सेवा सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी वहीं बेंगलुरू के लिए बीस फरवरी से हवाई सेवा शुरू हो रही है यह सेवा सप्ताह के पांच दिन उपलब्ध होगी पटना के बैरिया स्थित नवनिर्मित पाटलिपुत्र अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से आज से गया और जहानाबाद के लिए बस सेवा शुरू हो गयी है जिलाधिकारी डॉक्टर चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से अन्य जगहों के लिए भी बस सेवा नये बस स्टैंड से शुरू की जायेगी मद्य निषेध इकाई की टीम ने पंजाब पुलिस के सहयोग से मोहाली से शराब तस्कर प्रष्पिंदर सिंह धारीवाल को गिरफ्तार किया है मद्य निषेध विभाग के आईजी अमृत राज ने बताया कि उसे बिहार में शराब सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरपुर में दर्ज एक मामले में यह गिरफ्तारी हुई है उन्होंने बताया कि सारण में दर्ज एक मामले में भी प्रष्पिंदर सिंह का नाम शामिल है इससे पूर्व हरियाणा से शराब सप्लाई करने वाले एक तस्कर की गिरफ्तारी हो चुकी है जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों का बिहार से कनेक्शन सामने आया है राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन बिहार से अब तक सात पिस्टल मंगवा चुके हैं उन्होंने बताया कि इसके लिए पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा था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 दैनिक भास्कर ने लिखा है घरेलू गैस सिलेंडर पचास रूपये महंगा हुआ ढ़ाई महीने में एक सौ पचहत्तर रूपये बढ़े दाम हिन्दुस्तान की सुर्खी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक सेना को सौंपा प्रभात खबर ने लिखा है शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएम ने दी हिदायत दैनिक जागरण की सुर्खी है फास्टैग नहीं तो कल से दोगुना लगेगा टैक्स दैनिक आज ने सरसों तेल की बढ़ती कीमतों पर लिखा है सामान्य उपभोक्ताओं की सीमा से बाहर हुआ सरसों तेल राष्ट्रीय सहारा लिखता है चमोली के तपोवन में मिले तेरह और शव

फास्टैग नहीं होने पर देनी होगी दोगुनी राशि